भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में कल से दस दिनों का राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाएगी इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में शामिल होंगे अभियान को समर्थन देने के लिए भाजपा ने एक टोल फ्री नम्बर आठ आठ छह छह दो आठ आठ छह छह दो भी जारी किया है इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोतिहारी में कहा कि प्रदेश में भी पन्द्रह जनवरी तक अभियान चलाया जायेगा और घर घर जाकर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दी जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी तीनों अलग अलग चीजें हैं और इसे लेकर भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल इन तीनों को एक साथ जोड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं उन्होंने कहा यह कानून किसी की नागरिकता छीनता नहीं बल्कि नागरिकता देता है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का काम पंद्रह से अठाईस मई के दौरान किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गिनती होगी उन्होंने कहा कि एनपीआर बनाने का फैसला यूपीए सरकार का था जिसे अद्यतन किया जा रहा है श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ जनगणना का हिस्सा है और इस दौरान किसी प्रकार का दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं लिया जायेगा कटिहार में भाजपा की ओर से नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने लोगों को इस कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारियां दी इधर पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरूद्वारे पर हमले के विरोध में प्रदेश में विभिन्न नागरिक संगठनों प्रदर्शन किया बक्सर बेतिया मोतिहारी कटिहार दरभंगा और बेगूसराय सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने हमले की कड़ी निंदा की पंचायती राज विभाग ने सात निश्चय सहित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने और गबन करने वाले दस मुखिया को बर्खास्त कर दिया है विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बर्खास्त किये गये मुखिया अब अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे बर्खास्त होने वालो में नवादा जिले के हंडिया राजमहल नासरीगंज नरहट कहुआरा शेखपुरा जिले के चेवाड़ा कैमूर के लोहदन बांका के चुटिया बेलारी औरंगाबाद के एकरौड़ा और नालंदा जिले के गोरौल पंचायत के मुखिया शामिल हैं बिहार विधानमंडल का तेरह जनवरी को विशेष सत्र आयोजित होगा यह सत्र लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देने संबंधी प्रावधान वाले एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आम लोगों को आगे आना होगा श्री कुमार आज बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में लोगों से बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की मुख्यमंत्री ने खगड़िया और सहरसा में भी जनसभाओं को संबोधित किया इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इस बार सोलह हजार दो सौ अठानवे किलोमीटर लम्बी मानव श्रंखला बनेगी वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में एक कैदी की हत्या के मामले में जेल उपाधीक्षक और मुख्य कक्षपाल समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने ये कार्रवाई की है बहुचर्चित सुजन घोटाला के दो अलग अलग मामलों में सीबीआई ने आठ लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है दोनों आरोप पत्र स्वयंसेवी संस्था सृजन की मुख्य संचालिका मनोरमा देवी को मृत दिखाते हुए दायर किये गये है आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है ब्रेल दिवस मनाने का उद्देश्य द्रष्टिबाधित और आंशिक रूप से कमजोर नजर वालों को मानवाधिकार प्रदान करने और ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है

यह लिपि काफी उन्नत हुई है और दृष्टिबाधित लोगों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभायी है ब्रेल दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग सहित कई प्रादेशिक समाचार एकांश में दृष्टि दिव्यांगों ने समाचार वाचन किया इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी एक समावेशी माध्यम है और दृष्टि दिव्यांगजनों तक इसकी पहुंच सबसे आसान है इधर बिहार नेत्रहीन परिषद सहित प्रदेश के कई हिस्सों में ब्रेल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया विभिन्न प्रतिनिधि संगठनों ने सरकार से विधायिका में दिव्यांगजनों के लिये सीट आरक्षित करते हुये उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उठायी आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन प्राथमिकता के आधार पर कराने का निर्देश दिया है आज पटना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये श्री चौहान ने कहा कि जिन संस्थाओं का नैक मूल्यांकन हो चुका है उन्हें अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति ने विभिन्न संकायों के चालीस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया टॉपरों में उनतीस छात्राएं शामिल हैं राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहने के कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है आज दक्षिण और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी हुई है सबसे अधिक अररिया के फारबिसगंज में छह दशमलव पांच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं गया में दो दशमलव दो मिलीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की सम्भावना है इधर प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है आज दस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा इधर शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड में ठंड लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गयी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है यह परीक्षा अठाईस जनवरी को दो पालियों में आयोजित की जायेगी सीतामढ़ी जिले नानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत उखड़ा गांव के लचका पुल के पास से पुलिस ने पांच सौ चालीस कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुयी और एक ट्रक समेत चार वाहनों को भी जब्त किया गया है अनियमितता और काम में लापरवाही बरतने के आरोप में रोहतास जिले के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन प्रबंधक धर्मेन्द्र कुमार और दिनेश कुमार तथा बिक्रमगंज के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अरूण कुमार सहित नौ कर्मचारियों के विरूद्व विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गयी है गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पहसी लेन के पास एक मकान में आग लग जाने से पिता पुत्र की दम घुटने से मौत हो गयी जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के रजौन गांव से एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है